इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्यारह सितंबर से प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरु किया जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों को इस अवधि में श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अमल करके उन्हें कार्यांजलि देनी चाहिए प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आह्वान किया उन्होंने सभी नागरपालिकाओं जिला प्रशासनों ग्राम पंचायतों और सभी संबंधित लोगों से प्लास्टिक के कचरे के संग्रह और भंडारण का प्रबंध सुनिश्चित करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट जगत से भी प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का तरीका ढूढने की अपील की उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा स्कता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है प्रधानमंत्री ने बताया कि पोषण अभियान के तहत आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण आहार को एक जन आंदोलन का रुप दिया जा रहा है कुपोषण की चुनौतियों के संदर्भ में नासिक में प्रचलित मुट्ठी भर अभियान जैसे लोकप्रिय अभियानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अब जन आंदोलन का रुप ले चुका है इस योजना के तहत अंगनवाड़ी कार्यकर्ता फसल के मौसम में लोगों से मुट्ठीभर चावल इकट्ठा करती है जिसका उपयोग बच्चों और महिलाओ का भोजन बनाने के लिए किया जाता है श्री मोदी ने दो हजार दस में गुजरात सरकार द्वारा शुरु किए गये एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत अन्न प्राशन संस्कार के अवसर पर बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है

गुवाहाटी में पूर्वोत्तर और कोलकाता क्षेत्र के क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए श्री खरे ने कहा कि मंत्रालय द्वारा आयोजित और प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय लोकप्रिय हस्तियों और मशहूर लोगों को शामिल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रवोत्तर भारत प्रर्व एशिया का द्वार है प्रर्व एशिया और भारत को जोड़ने में पूर्वोत्तर क्षेत्र का बहुत महत्व है और इस ओर मीडिया इकाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए श्री अमित खरे ने कहा कि सोशल मीडिया की पहुंच देश के सुद्र अंचलों में रहने वाले लोगों तक है उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से अपने काम के दौरान सोशल मीडिया मंच का भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रसारित और आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में स्थानीयता का पुट शामिल होना चाहिए साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे अच्छे कामों को भी दर्शाया जाना चाहिए

आज पार्टी मुख्यालय में लोगों ने उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की अरुण जेटली का कल दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था छियासठ वर्षीय श्री जेटली को इस महीने की नौ तारीख को एम्स में भर्ती कराया गया था

वह लेकांग सर्कल के अंतर्गत महादेवपूर गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई द्वारा आयोजित किसानों के एक दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने नामसाई जिले में पशुधन पर किसान उत्पादक संगठन शुरु करने पर भी जोर दिया कार्यक्रम में असम रेजिमेंट के कर्नल इवान सिंह ने किसानों कि आय को दोगुना करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली की उपयोगिता और महत्व के बारे में जानकारी दी

इस विशेष लोक अदालत के दौरान लगभग चार लाख पैतीस हजार राशि के मामले का भी निपटारा किया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी बेंच और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किए गए इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों का जल्द निपटान करना था